हनुमानगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि इसके बाद प्रशासन और ज्यादा सावधानी बरत रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि लॉक डाउन को दो सप्ताह और बढाने पर राज्यों के बीच में सहमति बनती दिख रही है उन्होंने रेखांकित किया कि पहले सरकार का आदर्श जान है तो जहान है था लेकिन अब जान भी और जहान भी है इधर केन्द्र सरकार के संयुक्त सचिव स्तर या ऊपर के सभी अधिकारी कल से अपने कार्यालयों में ड्यूटी पर आयेगें

एलआईसी ने कहा कि पॉलिसीधारक डिजिटल भूगतान के जरिये बिना किसी सेवा शुल्क के प्रीमियम जमा करा सकते हैं मोबाइल एप्प एलआईसी पे डायरेक्ट डाउनलोड करके प्रीमियम का भुगतान किया जा सकता है

राज्य सरकार ने कोरोना के कारण मुश्किल और विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे ग्रामीण क्षेत्रों के लोक कलाकारों के लिए मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की है कला साहित्य और संस्कृति मंत्री डॉ बी डी कल्ला ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यह योजना कला और संस्कृति विभाग की अनुदान योजना के तहत संचालित होगी इसमें चयनित प्रविष्टियों के लिए लोक कलाकारों को निर्घारित दरों पर भूगतान किया जाएगा योजना के लिए जयपुर के रवीन्द्र मंच को नोडल एजेंसी बनाया गया है इस योजना के लिए कलाकारों के आधार कार्ड में दर्ज पता ग्रामीण क्षेत्र तय करने का आधार होगा

इसमें किसी भी तरह की फिल्मी गीतों या फिल्मी गीतों पर आधारित नृत्य का वीडियों स्वीकार्य नहीं होगा कोरोना वायरस संकमण को देखते हुए वायू सेना भी पूरी सतर्कता बरत रही है इसके चलते जोधप्र वायू सेना स्टेशन पर लड़ाकू विमानो और हेलीकाप्टरों को सेनेटाईज किया गया है विमानों को सेनेटाइज करने के बाद ही प्रशिक्षण उडानों के लिए काम में लिया जा रहा है

केन्द्र ने परामर्श जारी किया है कि हाईड्रोक्सी क्लोरोक्वीन बिना चिकित्सक की सलाह के लेने की आवश्यकता नहीं है चिकित्सक परामर्श के बिना इसे लेना हानिकारक भी साबित हो सकता है आज ईसाई समुदाय ईस्टर का पर्व मना रहा है ईस्टर पर ईसा मसीह का पूर्नजन्म हुआ था इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को श्रभकामनाए दी हैं एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा है कि इस अवसर पर हम ईसा मसीह के सदविचारों और विशेष रूप से गरीब और जरूरतमंद लोगों को सशक्त बनाने की उनकी प्रतिबद्धता का स्मरण करते हैं